योजना के पांच साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बघाई देते हए प्रघानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत कवरेज में बृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना ने कल पांच साल पूरे किये क्रषि मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि तेरह जनवरी दो हजार सोलह को योजना की श्रूआत से अब तक नब्बे हजार करोड रुपये किसानों में बांटे जा चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपूर के रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतारने का घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी इस प्लेन की विशेषता यह होगी कि यह एयरपोर्ट के साथ ही पानी में भी उतर सकेगा

मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने और बचने के लिए जिस संयम मर्यादा और अनुशासन का पालन किया गया उसी तरह का धैर्य रखते हए कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें

मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट का हब बनने की पूरी क्षमता है इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि खाद व अन्य लोकल प्रोडक्ट स्वदेशी के जरिये आत्मनिर्भरता का माध्यम बनने में सक्षम हैं मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिड़ियाघर को प्रदेश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर बनाने के साथ ही तारामंडल क्षेत्र में इसी वर्ष एक विशाल आडिटोरियम का सौगात देने की भी घोषणा की

समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ ताल के तट पर प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का वर्चअल लोकार्पण भी किया इसकी ऊंचाई दो सौ छियालिस फीट है प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केन्द्र बंद नहीं किया जा रहा है इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रसार भारती ने कहा है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आकाशवाणी केन्द्र का स्तर कम या उसे परिवर्तित नहीं किया जा रहा है आकाशवाणी केन्द्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषाई सामाजिक सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुरूप स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे

प्रसार भारती देश में डिजिटल टेरेस्ट्रीअल रेडियो शुरू करने की योजना पर भी काम कर रहा है कई शहरों और क्षेत्रों में प्रायोगिक आघार पर इस तकनीक के माध्यम से श्रोताओं को आकाशवाणी के कृछ चुनिंदा चैनल उपलब्ध कराए गए हैं प्रसार भारती द्वारा एफएम रेडियो के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी विकल्प का परीक्षण अंतिम चरण में है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नाम एक नई उपलब्धि दर्ज होने जा रही है रेस्मी साड़ियों के लिए प्रसिद्व वाराणसी से कई बहराष्ट्रीय कंपनियों को वस्त्रों का निर्यात किया जाएगा जापान की रिटेलर कंपनी यनीक्लो कपडों के कच्चे माल को भारी मात्रा में खरीदने की योजना बना रही है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की बनारसी लंगढ़ा और दशहरी आम के साथ ही गाजीपुर की मटर मिर्च और चंदौती के काले चावत का स्वाद दुनियामर में पहुंचाने के बाद अब कासी के कपड़े की चमक भी विदेशी कपनियों को लुमा रही है जायानी कपनी यूनीक्तो ने वाराणसी से कपड़े की खरीद करने का फैसला किया है और जल्दी ही कपनी के प्रतिनिधि वाराणसी प्रहुंचकर स्थानीय बुनकरों से भी मुलाकात करेंगे मुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ समूचे देश में फसलों की कटाई का त्यौहार मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वॅकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी मकर संक्रांति पॉगल भोगाली बिह उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये त्योहार हमारे समाज में प्रेम स्नेह और सौहार्द के बंधन को सुदृढ करते हए देश में समुद्धि और प्रसन्नता बढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार अच्छी फसल और समृद्धि के प्रतीक हैं प्रधानमंत्री ने सभी के लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है